कानून मंत्री ने स्पष्ट किया विधेयक किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं प्रदेश विधानसभा में कल निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पारित प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा किसानों की बेहतरी और कृषि वृद्धि दर को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने उठाये हैं कई कदम देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस लोकसभा ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक यानी तीन तलाक विधेयक कल ध्वनि मत से पारित कर दिया विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तलाक ए बिद्दत पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लाना महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि दो हजार सत्रह में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजुद यह प्रथा देश के विभिन्न भागों में जारी है उन्होंने कहा कि इस तरह के कई मामले सामने आये हैं कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि विघेयक किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है श्री प्रसाद ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार और गरिमा प्रदान करना है आज इस मुल्क की ख्वातीने हमारे मुस्लिम समाज की बेटियां वहनें इस सदन से बहुत आस लगाए देख रही हैं इसे सियासी चश्मे से ना देखा जाए ये सवाल है इंसानियत का इंसाफ का मानवता का कानून मंत्री ने कहा कि कई देशों में इस प्रथा पर प्रतिबंध है और वोट बैंक के लिए यह तरीका सही नहीं है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दंडनीय प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कभी भी दंडनीय प्रावधान बनाने को नहीं कहा उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून प्रयाप्त है आर एस पी के सदस्य एन के प्रेमचन्द्रन ने विधेयक की मंशा पर सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना है बीजू जनता दल ने विधेयक का समर्थन किया जबकि जनता दल युनाईटेड ने इसका विरोध किया कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस डी एम के बह्जन समाज पार्टी और जनता दल यूनाईटेड ने विधेयक के विरोध में वाक आऊट किया विघानसभा में कल निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित कई अन्य विधेयकों को सर्वसम्पत्ति से पारित कर दिया गया विधेयक के पक्ष में बोलते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य में सत्ताईस निजी विश्वविद्यालय है जिनका संचालन अलग अलग नियमों के तहत किया जाता है ऐसे में इन निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गृणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिये सरकार इस विधेयक को लेकर आई है इसके अलावा सरकार की कोई और मंशा नहीं है कार्य स्थगन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य के पदों की भर्ती में आरक्षण न देने का आरोप लगाया संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है पिछड़े वर्गो को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण देने के लिये सरकार कृत संकल्पित है उन्होंने कहा कि कानून में बिना किसी छेड़छाड़ के यह व्यवस्था लागू की जा रही है कार्य स्थगन के दौरान सदन में सड़क सुरक्षा का मामला बसपा सदस्य सुखदेव राजभर ने उठाया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके इस पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक करके कई निर्णय लिये हैं उन्होंने कहा कि डॉयल सौ वाहनों को निर्देश दिया जायेगा कि वे सड़क के किनारे खड़े हए ट्रकों को हटवाये जो कि दुर्घटना का कारण बनते हैं श्री खन्ना ने बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कन्नौज के पास एक ट्रामा सेन्टर खोला जायेगा उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे के किनारे अवैध रूप से स्थापित ढाबों को हटाया जायेगा यह ढाबे और दुकाने दुर्घटना के कारण बन रहे हैं उधर विधान परिषद में कल स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में आई नीति आयोग की रिपोर्ट की रैकिंग में उत्तर प्रदेश इक्कीसवें स्थान पर आया है लेकिन इस बार प्रदेश पहले तीन स्थानों में अपनी जगह बनायेगा एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अटठारह हजार तीन सौ बयासी चिकित्सकों की आवश्यकता है जिसे पूरा करने के लिये चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है सदन में समाजवादी पार्टी एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश की गौशालाओं में समुचित व्यवस्था न किये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया जिसका जवाब देते हुए पशुधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चार हजार से अधिक गौआश्रय केन्द्र है बुन्देलखंड में अलग से गौआश्रय केन्द्र बनाये जा रहे हैं जिनमें गौवंश की देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल विधानसभा में बताया कि इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाये हैं उन्होंने बताया कि यूरिया की दरों में कमी की गई है और किसानों के उत्पाद को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था को गति दी गई है साथ ही सब्जी और फलों की खेती के लिये किसानों को प्रोत्साहन और अनुदान दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण और नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं साथ ही मत्य पालकों को विभिन्न योजनाओं में अनुदान देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार ने मृदा की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग के लिये किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया है दैवीय आपदा से फसलों के नुकसान में क्षतिपूर्ति के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और प्रभावी तरीके से लागू किया गया है किसानों को सस्ती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे सिंचाई के साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगेगा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता और भरोसा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है कल दूरदर्शन केन्द्र में अत्याधनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आक्रष्ट होंगे उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सकारात्मक खबरे बिना किसी विलंब के लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसमें दूरदर्शन समाचार तथा आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एक नई एकीकृत प्रसारण नीति तैयार करे जिसमें सभी स्टेक हॉल्डर्स से हम चर्चा विमर्श करके लोगों तक सही जानकारी जल्दी पहुंचे प्रभावी तरीके से पहुंचे और लोग देश के निर्माण कार्य में कैसे जुड़ेगे वो भाव पैदा करने के लिए एक अच्छी सबकी साझेदारी में अच्छी नीति बने और उस नीति के लिए हम काम शुरू करे यहीं मैं अपील करता हूं श्री जावड़ेकर ने राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक समाचारों के महत्व पर जोर दिया उन्होंने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान दो के प्रक्षेपण के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन की प्रशंसा की आज पूरे देश में करगिल विजय दिवस की बीसवीं वर्षगांठ मनायी जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृतज्ञ राष्ट्र शहीद सैनिकों को नई दिल्ली में श्रद्वाजलि अर्पित करेगा आज ही के दिन उन्नीस सौ निन्यानवे में भारत ने ऊंची पहाडियों पर स्थित चौकियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा लिया था विजय दिवस का नाम सफल विजय अभियान पर रखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कस्मीर के द्रास में करगिल युद्व स्मारक का दौरा करेंगे

हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में भी इस अवसर पर लोग कारगिल युद्व के सेनानियों को याद कर रहे हैं एक रिपोर्ट आज वो हमारे बीच में नहीं हैं इसका आपार कष्ट है मुझे लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने बहुत कम समय में देश की रक्षा करते अपने प्राणों को अर्पण किया और इतिहास में अपना नाम अंकित किया

भारतीय सेना को वो जांबाज अफसर जिसने कारगिल की पहाडियों में द्रस्मनों से लोहा लेते हुए शहादत पाई और उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बातचीत के दौरान कैटन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे ने अपने बेटे की यादों को साझा किया